प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को तंदुरूस्ती का एक मंत्र दिया जिसका नाम है फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज़ उन्होंने लोगों से फिट और स्वस्थ रहने के लिए इस मंत्र को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने पशुओं में खुरहा चपका और ब्रुसोलोसिस बीमारियों की रोकथाम उन्मूलन उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय पश् रोग नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत टीकाकरण अभियान का आज श्भारंभ किया मुख्यमंत्री ने सांकेतिक तौर पर पांच टीका कर्मियों को टैब आइस बॉक्स दवा और टैग प्रदान किया तांकि पूरे राज्य में टीका कर्मी घूम घूम कर गाय बकरी और सुकर जैसे पशुओं को वैक्सीन व दवा देकर रोग मुक्त कर सकें पांच वर्ष तक वर्ष में दो बार टीकाकरण अभियान का संचालन किया जायेगा छठी जेपीएससी के अंतिम रिजल्ट को निरस्त करने की मांग करने वाली याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई

साथ ही रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी

इन श्रेणियों में विश्वविद्यालय एनएसएस इकाइयां और कार्यक्रम अधिकारी तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक शामिल हैं झारखंड से स्वयं सेवक जतिन कुमार और एक कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ ओम प्रकाश पांडेय को भी सेवा भावना के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य सेवा के माध्यम से शिक्षा है उन्होंने सेवा के क्षेत्र में बेटियों की बढ़ती भागीदारी की सराहना की समारोह में केन्द्रीय खेल मंत्री किरेन रिजुजू भी मौजूद रहे

श्री राव आज रांची स्थित पुलिस मुख्यालय से वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सभी जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षकों पुलिस अधीक्षकों और क्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षकों के साथ बैठक कर रहे थे पुलिस महानिदेषक ने वर्षवार गिरफ्तार साइबर अपराधियों विभिन्न कांडो में दर्ज प्राथमिकी में वर्षित मोबाईल नंबर और गिरफ्तार साइबर अपराधियों से बरामद सिमकार्ड धारकों के नाम पता का सत्यापन फर्जी कागजातों के आधार पर निर्गत सिमकार्ड विक्रेताओं एवं सर्विस प्रोवाईडरों के विरूद्व की गई कार्रवाई के बारे में भी विस्तार से जानकारी मांगी है इसके अलावा राज्य के बाहर घटित साईबर अपराधों में जिले के साईबर अपराधियों की संलिप्तता सहित झारखण्ड ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन को ऑपरेशन रिक्वेस्ट प्लेटफॉर्म में प्राप्त अनुरोधों की संख्या के विरूद्व निष्पादित मामलों की रिपोर्ट मांगी है

लातेहार जिले में झारखंड खाद्य सुरक्षा योजना के तहत तैतीस हजार से अधिक लाभुकों का चयन किया जाएगा

वहीं मृतकों का आंकड़ा छह सौ अड़तालीस हो गया है अब तक उन्नीस लाख से अधिक सैंपल की जांच की जा चुकी है

आज सात जगहों पर बनाये गए टेस्टिंग सेंटर में सैंपल कलेक्शन का कार्य किया गया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

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इन आवेदनों में से साढे पांच लाख से अधिक ऋण मंजर किए गए हैं करीब दो लाख आवेदकों को ऋण वितरित कर दिए गए

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की अलग अलग टीम ने पलामू से रिष्वत लेते एक सहायक अवर निरीक्षक और गिरिडीह से राजस्व कर्मचारी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की पलामू एसीबी की टीम ने हसैनाबाद थाना में पदस्थापित एएसआई संतोष कमार को छह हजार रुपये रिष्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया इधर गिरिडीह सदर अंचल के राजस्व कर्मचारी संजय कुमार साव को धनबाद एसीबी टीम ने घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर और गोआ के मुख्यमंत्री डाक्टर प्रमोद सावंत के बीच हुई बातचीत के बाद तिथियों में यह परिवर्तन किया गया है

इसे वर्चुअल और फिजिकल फार्मेट में किया जाएगा

इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवष्यक दिषा निर्देष दिया

पलामू जिले के गढ़वा रोड रेलवे स्टेशन पर फर्जी पहचान पत्र बनाकर मनमाने दामों पर रेलवे टिकट की कालाबाजारी करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है